इसके तहत स्वीप कार्यक्रमों के लिए दस उच्च शिक्षण संस्थानों का चयन कर वहां स्वीप गतिविधियां संचालित की जायेंगी मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कल जयपुर में निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को साथ बैठक में ये बात कही उन्होंने अधिकारियों के साथ मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम और स्वीप के संबंध में निर्देश दिये

अजमेर क्षेत्र में इस बार राजस्थान और गुजरात के करीब दो लाख पांच हजार विद्यार्थी परीक्षा दे रहे है

खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि मादक पदार्थो केअवैध कारोबार पर अंकृश लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं जो सामाजिक ताने बाने को खत्म कर रहे हैं यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है

इस फैक्ट्री में विभिन्न ब्रांड के पान मसाला पाउच अवैध रूप से भरे जा रहे थे

यह सामग्री जमा करवाने के लिए नगर परिषद ने शहर में चार प्वाईट्स बनाये है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने सोशल मीडिया के जरिये ये जानकारी दी कि भाजपा सरकार के आरक्षण विरोधी रूख के खिलाफ प्रदेश स्तरीय धरना और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा

गौरतलब है कि पिछले दो दिन में गैस सिलेंडर रिसाव का यह द्सरा बड़ा मामला सामने आया था

बीमार लोगों को करौली अस्पताल में भर्ती कराया गया इनमें महिला और बच्चे भी शामिल है